केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मंत्रिमंडल के फैसले की जानकारो देते हुए बताया कि स्वास्थ्य कर्मियों को चोट पहुंचाने या उन्हें नुकसान पहुंचाने की हरकत के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है

अब इसलिए उनको पूरा संरक्षण देने वाला एक अध्यादेश आज लागू करने का फैसला हुआ है और राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर के बाद वो तत्काल प्रभाव से लागू होगा ये सज्ञान योग्य भी होगा और जमानत न मिलने वाला होगा तीस दिन में इसकी इन्वेस्टीगेशन पूरी होगी सीनियर इंस्पेक्टर के लेवल पर ही ये इन्वेस्टीगेशन होगी और एक साल में फैसला होगा और कड़ी सजा का प्रावधान किया है भारतीय जनता पार्टी के सांसद जगदम्बिका पाल न आज केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर किये गये अध्यादेश का स्वागत करते हुए कहा कि इससे स्वास्थ्य सेवाओं में लगे लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी श्री पाल ने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों के विरूद्व होने वाले अपराधों से सख्ती से निपटा जायेगा

श्री शाह ने डॉक्टरों की हर तरह से और विशेष रूप से कोरोना से लड़ने में भूमिका की सराहना की और विश्वास व्यक्त किया कि वे ऐसी ही निष्ठा के साथ आगे भी काम करते रहेंगे

श्री शाह ने स्वास्थ्य कर्मियों पर हाल ही में हुए हमलों की निंदा की और कहा कि प्रधानमंत्री डॉक्टरों से जुड़े सभी मुद्दों और उनकी चिंताओं पर बारोकी से नजर रखे हुए हैं उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध किए जाएंगे उन्होंने डॉक्टरों से अपील की कि वे प्रतीकात्मक रूप से भी विरोध न करे क्योंकि ये राष्ट्रीय या वैश्विक हित में नहीं है डॉक्टरो का बिना किसी बाधा के प्रतीकात्मक रूप से विरोध का प्रस्ताव था सरकार द्वारा तुरंत उच्च स्तरीय कार्रवाइ और गृह तथा स्वास्थ्य मंत्रियों क आश्वासन को देखते हुए भारतीय चिकित्सा संघ ने प्रस्तावित विरोध को वापस ले लिया है केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने पिछले सप्ताह जारी दिशा निर्देशों में कुछ और रियायतें शामिल की हैं लॉकडाउन के दौरान स्वीकृत कृषि गतिविधियों के दायरे में बीजों और बागवानी उत्पादों की उपचार सुविधाओं को भी शामिल किया गया है कृषि और बागवानी गतिविधिया से संबंधित अनुसंधान प्रतिष्ठान तथा पौध सामग्री शहद और अन्य मधुमक्खी उत्पाद राज्य के भीतर और अन्य राज्यों तक लाने ले जाने को भी स्वीकृत गतिविधियों की सूची में रखा गया है वाणिज्यिक इकाइयों और निजी प्रतिष्ठानों का दी गई छूट में शैक्षणिक पुस्तकों और बिजली के पंखों की दुकानों को भी शामिल किया गया है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

आज पृथ्वी दिवस है इसे पर्यावरण रक्षा के लिए विश्वव्यापी सहयोग प्रदर्शन के लिये मनाया जाता है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पृथ्वी दिवस के अवसर पर भरपूर देखभाल और अनुकंपा के लिए धरती का आभार व्यक्त किया है ट्विटर पर श्री मोदी ने कहा कि लोगों को ज्यादा स्वच्छ ज्यादा स्वस्थ और ज्यादा समृद्ध धरती बनाने की दिशा में कार्य करने का प्रण लेना चाहिए

प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने आज लखनऊ में पत्रकारों को जानकारी देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने प्रदेश में लॉकडाउन का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं मुख्यमंत्री ने सप्लाई चेन को बनाये रखने के दौरान उसके दुरूपयोग रोकने तथा इस काम में लगे लोगों की लगातार जांच के भी आदेश दिये हैं श्री अवस्थी ने बताया कि प्रदेश के कोरोना प्रभावित जिलों में से दस जिले संक्रमण मुक्त हो गये हैं बाईस जिले पहले ही संक्रमण मुक्त है

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि निजी चिकित्सालयों में भी संक्रमण को रोकने के लिये प्रभावी व्यवस्था की जाये श्री अवस्थी ने बताया कि प्रदेश म छह हजार नौ सौ अस्सी औद्योगिक इकाइयों में काम शुरू हो गया है जहां लगभग एक लाख बीस हजार मजदूरों को रोजगार दिया जा रहा है प्रदेश की चीनी मिलों में भी श्रमिकों को काम मिला है प्रदेश ने खाद्यान वितरण में रिकार्ड तीन करोड़ छह लाख कार्ड धारकों को राशन उपलब्ध कराया है ढाई लाख नये राशन कार्ड भी बनाये गये हैं

प्रदेश में अब इस संक्रमण के एक हजार दो सौ छब्बीस एक्टिव केस है

उन्होंने बताया कि प्रदेश के तैंतालीस जिले इस संक्रमण से प्रभावित है सरकार ने साठ वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गो को विशेष सावधानी बरतने की अपील की है साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का हर हालत में पालन करने को कहा गया है रमजान के महीने के दौरान किसी भी समय भीड़ एकत्रित न होने देने की अपील की गई है

माध्यमिक शिक्षा विभाग की प्रधान सचिव आराधना शुक्ला के आदेश में कहा गया है कि अनेक स्कूल पूर्णबंदी के बावजूद सुविधा शुल्क वसूल रहे हैं इस अवधि में स्कूल बंद हैं इसलिए किसी भी स्कूल को विद्यार्थियों के नामांकन के लिए सुविधा शुल्क नहीं लेना चाहिए

गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि यह फैसला जिले के स्वास्थ्य विभाग की सलाह पर किया गया है

सचना और प्रसारण मंत्रालय ने इलेक्ट्रानिक और प्रिंट मीडिया से जुडे पत्रकारों को समाचारों के संकलन के दौरान कोरोना वायरस से बचने के लिए समूचित सतर्कता बरतने की सलाह दी है मंत्रालय ने कहा है कि देश के कई क्षेत्रों में मीडियाकर्मी समाचार संकलन करते समय वायरस की चपेट में आ गए हैं इसमें सभी मीडिया घरानों से बाहर और कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों की आवश्यक प्रतिरक्षा उपलब्ध कराने की सलाह दी गई है